सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की जांच का काम तेज करने के लिए कदम उठाए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए प्रदेश में पन्द्रह अप्रैल से श्रू होने जा रही गेहूँ खरीद की सभी तैयारियां प्री

इसके साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर आठ हजार चार सौ सैंतालिस हो गई है सात सौ पैंसठ लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छट्टी दे दी गई है जबकि दो सौ तिहत्तर लोगों की मौत हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल बताया कि कोविड नाइन्टीन के लिए विशेष रूप बनाए गए अस्पतालों में एक लाख पांच हजार बिस्तर तैयार रखे गए हैं उन्होंने कहा कि देशभर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण की जांच का काम तेजी से बढाया जा रहा है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पृण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष नागरिक उड्डयन उपभोक्ता मामले तथा रेल मंत्रालय के अधिकारी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन र्स संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सूचित किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं को राज्यों के भीतर और बाहर लाने ले जाने पर किसी तरह की रोक नहीं है उन्होंने बताया कि कोरोना से सर्वाधिक संक्रमित इलाकों में राज्य सरकारें लोगों के घरों तक आवश्यक सामग्री पहुंचा रही हैं

उन्होंने शिक्षा विभाग से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च प्राविधिक चिकित्सा नर्सिंग आदि में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने को कहा है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा सुव्यवस्थित और वृहद् रूप से आगे बढ़ायी जाये जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि सभी अधिकारी कर्मचारी छात्र अभिभावक शिक्षक आरोग्य सेतु ऐप का अधिकाधिक प्रयोग करें श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले चार सौ चौरासी लोगों के खिलाफ तीन सौ पच्चासी प्राथमिकी दर्ज की गई हैं वहीं प्रदेश के पन्द्रह जिलों के पन्चानबे थाना क्षेत्रों में एक सौ तैंतीस हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जिनमें लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है इन क्षेत्रों में क्ल तीन सौ बयालीस कोरोना पॉजिटिव केस हैं राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन ई अध्ययन के माध्यम से पूर्ण कराने तथा परीक्षा मूल्यांकन एवं शैक्षणिक वर्ष दो हजार बीस इक्कीस की योजना बनाने पर विचार करने के लिये सात सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है डॉ ए पी जे अब्दल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के क्लपति प्रोफेसर विनय पाठक कमेटी के अध्यक्ष बनाये गये हैं कमेटी तीस अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करेगी

प्रदेश के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी पन्द्रह अप्रैल से परस्पर सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करते हुए कार्यालय आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा करते हुए इस सम्बंध में निर्देश दिए उन्होंने प्रदेश में पूर्ण बन्दी के दौरान आवश्यक गतिविधियां श्रू करने के लिए ग्यारह समितियों का गठन किया है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को फसल काटने और ले जाने में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए और इस बात के प्रयासों के उन्हें फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके उन्होंने कहा कि कृषक जत्याद संगठनों के माध्यम से इस बात के प्रयास किए जाएं कि किसानों की फसलें उनके खेतों या गांव से खरीदी जा सके उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाए जिससे उनकी पढ़ाई में लॉक डाउन की बजह से व्यक्षान न आए मुख्यमंत्री ने किसी भी धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सार्वजनिक स्तर पर आयोजित न करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने लोगों से वैशाखी और अंबेडकर जयंती अपने घरों पर ही रहकर मनाने की अपील की और कहा कि भीड़ माड़ से बचा जाए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लॉक डाउन के दौरान लोगों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में कोई व्यवघान नहीं आने पाए मुख्यमंत्री ने कालाबाजारी और जमाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए

प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने आकशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि कोविड नाइन्टीन के मददेनजर सभी सरकारी खरीद केन्द्रों और मंडियों में किसानों से गेहूँ खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने के सख्त निर्देश दिये गये हैं किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो इसका ध्यान रखा जायेगा

सभी की तैयारियां प्ररी हो गई है

गांव देहात कस्बों में है तो किसान भाइयों को बहनों को वहां पर आने में कोई असुविधा नहीं होगी वहा पर लोकर वह अपना गेहूँ बेच सकते है यह जरूर हमने इंस्योर किया है कि एक साथ भीड़ न हो सोशल डिस्टेंगिंग श्योर करना है तो हम तोग ं फोन करके एक एक दिन में जिसमें किसान एक केन्द्र की क्षमता संभव है खरीदने की उनको फोन करके बुलायेंगे और अगले दिन दूसरे किसान भाई बहनों को बुलायेंगे जिससे कि किसी प्रकार की भीड़ न हो प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि किसानों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन एक शुन्य सात छ और राहत आयुक्त की हेल्पलाइन एक शुन्य सात शुन्य चौबीस घंटे काम कर रही है इस पर कोई भी शिकायत मिलने पर उसका तत्काल समाधान किया जायेगा

दूरदर्शन के साथ विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद है

कल संक्रमण के कुल पैंतीस नए मामले सामने आये आगरा में कोविड नाइन्टीन के बारह नए मामले मिलने के बाद जिले में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर एक सौ चार हो गई है राज्य में सबसे अधिक मामले आगरा में ही हैं जिले में बाईस स्थानों को हॉटस्पॉट चिन्हित करते हुए सील कर दिया गया है उधर बस्ती जिले में पिछले चौबीस घंटों में चार और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई जिसके बाद जिले में वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर तेरह हो गई है जिला प्रशासन ने नगर के तीन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट चिन्हित कर सील किया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित होने वाले छियालीस लोग अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं

इनमें इंडोनेशिया के दस और थाईलैंड के सात नागरिक शामिल हैं बहराइच पुलिस ने इकत्तीस मार्च को इन विदेशी नागरिकों सहित तब्लीगी जमात के इक्कीस लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें क्वारंटीन में रखा था प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कारागार आनंद कुमार ने बताया कि विदेशी नागरिको को डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट और फॉरेनर एक्ट के उल्लंघन पर गिरफ्तार किया गया है

जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने कल इस संबंध में आदेश जारी किया जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यक सेवाओं तथा फल सब्जी दूध और खाद्य साम्रगी की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों के आवागमन के लिए संबंधित अधिकारी अपने हस्ताक्षर से सूची बनाकर सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम को दें वहीं से पास जारी किया जाएगा